प्रदेश के फूलपुर में महिला समूह के प्रयासों की सराहना की

उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र आज अपने युवाओं की बदौलत नई ऊंचाइयां छूने की प्रतीक्षा कर रहा है प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि नए दशक में युवाओं की सामूहिक शक्ति से देश का और विकास होगा

श्री मोदी ने कहा कि हमारी युवा पीढ़ी को अराजकता से नफरत है और वह अव्यवस्था तथा अस्थिरता को भी बर्दाश्त नहीं करती जब कभी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं हमारे नौजवान साहसपूर्वक उसके खिलाफ खड़ होकर सही बात मनवा लेते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी नई व्यवस्था नई प्रणाली नए जमाने और नए विचारों को परिलक्षित करती है प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं ने समाज को एकजुट करने में भी नए कीर्तिमान बनाए हैं और लोगों को ऐसा करने की प्रेरणा भी दी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि हर नागरिक के लिए आत्म निर्भर बनना और गरिमामय जीवन जीना बहुत जरूरी है उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे स्वदेशी की भावना को अपनाकर स्थानीय रूप से बने उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें ताकि इससे स्थानीय लोगों के जीवन में खुशहाली आए कम से कम ये दो तीन साल हम स्थानीय उत्पाद खरीदने के आग्रही बनें

और ये काम सरकारी नहीं होना चाहिए स्थान स्थान पर नौजवान आगे आएं छोटे छोटे संगठन बनायें लोगों को प्रेरित करें समझाएं और तय करें आओ हम लोकल खरीदेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदो ने भारतीयों के खगोल शास्त्र के ज्ञान का जिक्र करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में देश ने प्राचीन काल में ही बड़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थीं उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में भी भारत ने इस क्षेत्र में कई बड़े कदम उठाए हैं पुणे के पास विशाल मीटर वेव दूरबीन लगाई गई है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एस्ट्रोसैट उपग्रह अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य कर रहा है सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने आदित्य नाम का एक और उपग्रह अंतरिक्ष में भेजने की योजना बनाई है प्रधानमंत्री ने हाल में संपन्न् हुए संसद के सत्र को काम काज निपटाने के लिहाज से बहुत उपयोगी रहने और काम निपटाने का पिछले साठ साल का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए सांसदों की सराहना की

उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठन बेहतर मार्केटिंग के ज़रिये किसानों के उत्पादों को बाजार में अच्छी कीमत दिला सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में किसानों के आर्थिक उन्नयन और हितों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि सिचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कई योजनायें संचालित की गयी हैं मुख्यमंत्री ने राज्य में ज़्यादा से ज्यादा किसान उत्पादक संगठनों के गठन पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश के सभी विकास खण्डों में कम से कम एक एफपीओ जरूर होना चाहिए सम्मेलन को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी सम्बोधित किया

राज्य में कई स्थानों पर तापमान दो डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है आगरा म तापमान एक दशमलव सात डिग्री सेल्सियस जबकि चुर्क में दो डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया मुज्जफ्फरनगर जिले में पारा तीन दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जबकि राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान छःदशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस कम था घने कोहरे से हवाई रेल और सड़क यातायात भी प्रभावित रहा मौसम विभाग ने इकत्तीस दिसम्बर से दो जनवरी के बीच कई स्थानों पर हल्की बारिश होने का भी अनुमान व्यक्त किया है शीतलहर के मद्देनज़र लखनऊ ज़िला प्रशासन ने ज़िले के कक्षा आठ तक के सभी विद्यालय इक्त्तीस दिसम्बर तक बन्द करने का आदेश दिया है दसवीं और बारहवीं कक्षाओं की समयावधि सुबह दस से दोपहर तीन बजे तक कर दी गयी है

मिर्जापुर में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि नागरिकता कानून पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश मे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के लिए संशोधित किया गया है इसका उद्देश्य किसी समुदाय की नागरिकता छीनना नहीं है प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर में मीडिया से कहा कि नागरिकता संशोधन कानून से देश में रह रहे मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है

वहीं सिद्धार्थनगर में जनपद स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित गोष्ठी में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने नागरिकता कानून का जिक्र करते हुए लोगों से विपक्षी दलों के भ्रामक प्रचार में न आने का आहवान किया

उन्होंने बताया कि सम्पर्क अभियान के तहत संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक लाख गाँवों में पचास लाख से ज्यादा परिवारों से संवाद करेंगे

इससे पहले श्रीमती मेनका गांधी ने किसान सहकारी चीनी मिल का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि राज्य की पाँच चीनी मिलें जर्जर अवस्था में हैं जिसमें एक चीनी मिल सुल्तानपुर संसदीय क्षेत्र में भी है